सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोविड संक्रमण से बचाव के लिए अधिक से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाने के लक्ष्य के साथ कल से प्रदेश में टीका उत्सव का आयोजन किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरूवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया था प्रधानमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी तादाद में आगे आकर कोविड टीकाकारण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिए योग्य घोषित किए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान टीका उत्सव में भाग लेने और कोविड दिशा निर्देशों का कडाई से पालन करने की अपील की है कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है

सभी प्रदेश वासियों से मेरी अपील है टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण करवाएं टीकाकरण के बाद भी साक्षानी जरूरी है इसलिए समी से अपील है कि वे सोशल डिस्टॅसिंग का पालन करते हुए पूरी साक्षानी के साथ दो गज की दूरी मास्क है जरूरी का अनुपालन सख्ती से करें

गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडल में कोविड नाइन्टीन की स्थिति की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से लेवल ट् और लेवल थ्री अस्पतालों में पर्याप्त दिस्तर उपलब्ध कराए जाए और कोविड वार्ड में तैनात कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोकथाम के लिए कोविड मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उनकी त्रंत जांच की जाए उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड की जांच एंटीजन और आरटीपीसीआर विधि से निशुल्क की जाती है और लोग इसका लाम उठाए उन्होंने कहा कि कोविड की जांच के लिए अगर कोई निजी अस्पताल निर्घारित राशि से अधिक धनराशि वसूलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की जांच रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर ही करने के निर्देश दिए श्री योगी ने कहा कि खुले स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम दो सौ और बंद स्थान पर होने वाले आयोजनों में केवल एक सौ लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए उन्होंने कहा कि शादी विवाह के कार्यक्रमों को रात दस बजे तक ही सीमित किया जाए प्रदेश में कोविड नाइन्दीन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में कोविड के बारह हजार सात सौ सतासी नए मामले सामने आए है इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की तादाद बढ़कर अट्ठावन हजार आठ सौ एक हो गयी है पिछले वर्ष महामारी की शुरूआत के बाद से संक्रमित होने वाले लोगों में से अब तक छः लाख आठ हजार आठ सौ तिरपन व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं जबकि नौ हजार पचासी लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है उन्होंने बताया कि कल एक दिन में दो लाख बारह हजार दो सौ तेरह कोविड नमूनों की जांच की गयी जो अब तक एक दिन में की गयी जांच की सर्वाधिक संख्या है उन्होंने बताया कि इनमें से लगभग तिरानबे हजार नमूनों की जांच आरटीपीसीआर विधि से की गयी

इसके तहत रात नौ बजे से सुबह छः बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा हालांकि आवश्यक सेवाओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई पास की आवश्यकता नहीं होगी हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से आने जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी

अब यहां केवल झांकी दर्शन ही हो पाएगा मंगला आरती में भी लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा